ध्रलंडी का पर्व राज्यभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कई स्थानों पर रही गैर नृत्य की धूम दौसा जिले में विभिन्न हादसों में सात लोगों की मौत

नई दिल्ली में कल पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ेंगे जबकि गुजरात के गांधी नगर से पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के स्थान पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को उम्मीदवार बनाया गया है

जयपुर शहर से रामचरण बोहरा पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्द्वन सिंह राठौड का नाम पहले से तय था और उनको पार्टी ने मजबूत प्रत्याशी मानते हुए फिर मौका दिया है इस बार नए उम्मीदवारों के रूप में झुंझुनू से नरेन्द्र खीचड और अजमेर से भागीरथ चौधरी को मौका दिया गया है टोंक सवाईमार्धोपुर पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया सीकर से सुमेधानंद सरस्वती पाली से पीपी चौधरी कोटा से ओम बिडला झालावाड बारां सीट से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह जालोर सिरोही से देव जी पटेल भीलवाडा से सुभाषचन्द्र बहेडिया जोधपुर से गजेन्द्र सिंह शेखावत और बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को पार्टी ने मैदान में उतारा है पार्टी ने सीपी जोशी को चित्तौडगढ से और निहाल चन्द मेघवाल को श्रीगंगानगर से टिकिट देकर भरोसा जताया है उदयपुर से अर्जुन लाल मीना को दुबारा अपना उम्मीदवार बनाया गया है

सुरक्षा बलों ने बताया कि बारामूला जिले में कालंतरा कांडी करीरी इलाके में शुरू हुई आतंकरोधी कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए एक आतंकी का शव बरामद कर लिया गया इस कार्रवाई में पांच सैन्यकर्मी घायल हुए जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं वहीं बांदीपोरा जिले के हाजिन इलाके के मीर मोहल्ला में कल शाम मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक अन्य आतंकवादी को मार गिराया अमरीका ने कहा है कि पाकिस्तान को बचाने की जिम्मेदारी चीन की नहीं है और उसे पाकिस्तान की धरती से आतंकी गतिविधियां चला रहे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का साथ देना चाहिए ट्रम्प प्रशासन ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित करने के मामले में चीन के अवरोध उत्पन्न करने पर निराशा व्यक्त की है प्रशासन का कहना है कि क्षेत्रीय स्थिरता और शांति स्थापित करने में चीन और अमरीका के साझा हित हैं सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में नाकामी से इन हितों को नुकसान पहुंचेगा राष्ट्र पति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर लोगों को बधाई दी है एक ट्वीट में श्री कोविंद ने आशा व्यक्त की है कि आगामी वर्ष सभी परिवारों के लिए उत्तम स्वास्थ्य समृद्धि और खुशहाली लाएगा प्रदेश में रंगो का पर्व ध्लंडी कल हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शहर गांव और गलियों में युवाओं की टोलियां सुबह से अपनी मस्ती में एक दूसरे पर रंग और गुलाल डालने के लिये निकली लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाए दी राज्य के प्रमुख पर्यटक शहर उदयपुर पुष्कर अजमेर जयपुर सहित अन्य स्थानो पर विदेशी पर्यटकों ने स्थानीय लोगों के साथ होली खेली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में अपने घर पर होली मनाई उन्होंने इस अवसर पर उनसे मिलने आये लोगों से मुलाकात की विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धुलंड़ी खेली बाडमेर के सनावडा में अनूठी होली खेली गई हमारे संवाददाता मदन बारूपाल ने बताया कि होली की मस्ती में गैर नृत्यकारों ने माहौल को अपने ही रंग में रंग दिया

चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव में होली का चंदा वसूलने को लेकर कल ग्रामीणों और एक अन्य समुदाय के लोगों के बीच मारपीट और पथराव की घटना के बाद पुलिस बल तैनात किया गया है पुलिस ने बताया कि घटना में घायल हुए पांच व्यक्तियों में से दो को चित्तौड़गढ़ रैफर किया गया है दोनो पक्षों की ओर से बस्सी थाने में मुकदमे दर्ज किये गये है पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है इधर सीकर के खंडेला के दायरा में दो समुदायों में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद और मारपीट के बाद यहां पर भी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है दौसा जिले में कल विभिन्न हादसों में सात लोगों की मौत हो गई जिले के खुरी गांव में दो मोटरसाईकिलों की आमने सामने की टक्कर में चार लोगों की मृत्यु हो गई और एक ेअन्य घायल हो गया वहीं मालगवास गांव के पास ट्रक और कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गये

अन्य हादसा गहनोली गांव में हुआ जहां करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत के समाचार है

पुलिस ने बताया कि आरोपी मोटर साईकिल पर सवार थे दोनो आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है पांचवा राजरंगम महोत्सव आज से जयपुर में शुरू होगा

जयपुर को सात मैचों की मेजबानी मिली है इस बीच राजस्थान रॉयल्स के सभी खिलाड़ी जयपुर पहुंच चुके हैं तथा वे दिन की रोशनी तथा रात के समय फ्लड लाइट्स में जमकर अभ्यास कर रहे हैं